दरभंगा में एक विधायक और उनका वाहन चालक भी संक्रमित हुआ

और प्रदेश में अगले दो दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश में कोविड उन्नीस के एक सौ तैंतालीस नये मामलों की प्रष्टि हुई हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर सात हजार आठ सौ आठ हो गयी है इस महामारी से अबतक बावन लोगों की मौत हुई है सबसे अधिक उनतीस मामले मधुबनी जिले से सामने आये हैं वहीं सहरसा से अठारह दरभंगा से सत्रह पटना और समस्तीपुर से सोलह सोलह लोगों में इस महामारी से संक्रमण की पुष्टि हुई है किशनगंज से ग्यारह और भागलपुर से पांच नये मामले जांच में सामने आये हैं इसके अलावा सारण सीवान शेखपुरा सुपौल वैशाली मूजफ्फरपूर नालंदा कटिहार जहानाबाद जमुई बांका और औरंगाबाद जिले से भी नये मामले सामने आये हैं हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन ने संक्रमितों में एक विधायक और उनके वाहन चालक की भी प्रष्टि की है इधर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्त्री रोग विभाग में कोविड उन्नीस की आशंका के मद्देनजर सात चिकित्सकों और एक नर्स का सैम्पल लिया गया राज्य में पटना जिला सबसे अधिक प्रभावित है जहां संक्रमण का आंकड़ा चार सौ सत्ताईस तक पहुंच गया है वहीं रोहतास सीवान मुंगेर मधुबनी बेगूसराय भागलपुर और खगड़िया वैसे जिले है जहां संक्रमितों लोगों की संख्या तीन सौ से अधिक है इधर प्रदेश में इस महामारी से संक्रमित लोगों में से चौहत्तर प्रतिशत से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं यह राष्ट्रीय औसत से लगभग उन्नीस प्रतिशत अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रतिदिन औसतन दो सौ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा रही है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख सैंतीस हजार एक सौ छियानवे हो गई है स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर पचपन दशमलव सात सात प्रतिशत पहुंच गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ हजार चार सौ चालीस लोग ठीक हुए कुल एक लाख चौहत्तर हजार से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में चौदह हजार आठ सौ इक्कीस नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार लाख पच्चीस हजार हो गई है वहीं इस महामारी से तेरह हजार छह सौ निन्यानवे लोगों की मृत्यु हुई है इधर मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने अधिकारियों को कोविड उन्नीस परीक्षण का दायरा और बढ़ाने को कहा है अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां विशेष जांच अभियान चलाकर कोरोना की श्रंखला को तोड़ना चाहिए मुख्यमंत्री ने आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने का भी निर्देश दिये हैं श्री कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों दस साल से कम आयु के बच्चों गर्भवती महिलाओं और गम्भीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए विशेष ध्यान देने को कहा चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना से प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनाली बाली ने बताया कि कोविड उन्नीस के संबंध में विभिन्न असत्यापित स्रोतों से मिल रही गलत जानकारी से लोगों में डर पैदा हो गया है और इस बीमारी को लेकर उनमें गलत अवधारणा बन गई है उन्होंने लोगों से केवल विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी प्राप्त करने को कहा

हम चीजों को सही मायने में समझे तो अगर ऐसा होता है तो हमारे जीवनहीजे प्रोसेसिस पॉजिटिव होते हैं हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है तो कपेबतपउपदंजपवद क्यों किया जाए अगर हमारे थोटस प्रोसिस कैरेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कपैशन काइंडनेस जनरेट होगी और सिग्मा रिडयूज होगा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेडकर ने लोगों से कोविड उन्नीस का लक्षण उभरने पर तत्काल जांच कराने की अपील की है उन्होंने कहा कि लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है

अब यह योजना सितम्बर तक लागू रहेगी वर्तमान में इस बीमा की अवधि तीस जून को समाप्त हो रही थी इसके तहत बाइस लाख स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को पचास लाख रुपये की बीमा सुरक्षा दी जाती है इनमें कोविड रोगियों के सीधे संपर्क में आने वाले और संक्रमण के जोखिम वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं डॉक्टर नर्स पारा मेकिडकल कर्मी चिकित्सा कर्मी सफाई कर्मी तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के अस्पतालों में काम कर रहे कुछ अन्य कर्मचारी बीमा सुरक्षा के तहत आते हैं वार्ड ब्वाय आशा कार्यकर्ता और तकनीशियनों को भी इसमें शामिल किया गया है राजधानी पटना में पंजाब नेशनल बैंक की अनीसाबाद शाखा से अज्ञात अपराधियों ने आज बावन लाख रूपये से अधिक लूट लिये बैंक कर्मियों ने बताया कि दस की संख्या में आये हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया पटना के एसएसपी उपेन्द्र शर्मा ने बताया कि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फूटेज की जांच की जा रही है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हुई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक पचास मिलीमीटर वर्षा समस्तीपुर के रोसड़ा में दर्ज की गयी वहीं इंद्रपुरी कुदरा तयैबपुर त्रिवेणीगंज मधेपुरा देव झंझारपुर महाराजगंज और सुपौल में बीस बीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है इधर पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाये हुये हैं और रूक रूक कर तेज वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों में राज्य के मध्य और पश्चिमी इलाकों के ज्यादातर क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश की सम्भावना है विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी से मॉनसूनी हवा झारखण्ड उत्तर प्रदेश होते हुये हरियाणा की ओर जा रही है जिसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थितियां बन रही हैं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है गंगा नदी के जलस्तर में सबसे अधिक वृद्धि भागलपूर में दर्ज की गयी है इधर जल संसाधन विभाग के अनुसार वाल्मीकिनगर बराज से कल गंडक नदी में एक लाख तिरसठ हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चम्पारण जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है गोपालगंज जिले में भी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है मुजफ्फरपुर और शिवहर में भी बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज समस्तीपुर और वैशाली जिले में सेना के शहीद जवानों के पैतुक गांव में जाकर उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से छत्तीस छत्तीस लाख रूपये सहायता राशि का चेक सौंपा श्री मोदी पहले समस्तीपुर जिले के शहीद जवान अमन कुमार के सुलतानपुर गांव स्थित उनके घर पहुंचे वहां उन्होंने शहीद जवान की पत्नी को छत्तीस लाख रूपये का चेक सौंपा उन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से बातचीत कर सरकार की ओर से हर सम्भव मदद का भरोसा दिया है श्री मोदी ने वैशाली में चकफतेह गांव का भी दौरा किया वहां उन्होंने शहीद सैनिक जय किशोर सिंह के पिता राजकपूर सिंह को छत्तीस लाख रूपये का चेक सौंपा गौरतलब है कि सेना के दोनों जवान पिछले दिनों लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज औरंगाबाद जिले के गोह विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया श्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके नेता गलवान हिंसक झड़प मामले में देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इससे सैन्य बलों का मनोबल कमजोर पड़ता है हिन्द्रस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वह पच्चीस जून के बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर घोषणा करेंगे श्री मांझी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए इस समय दिल्ली में है गौरतलब है कि पिछले दिनों श्री मांझी ने जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश क्मार से मुलाकात की थी इसे लेकर कई तरह की अटकले लगायी जा रही है इधर जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि श्री मांझी उनकी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में नामांकन के लिये ऑनलाइन आवेदन की तारीख घोषित कर दी गयी है नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में नामांकन के लिए एक जुलाई और नौवीं के लिये तीन अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन होगा परीक्षा अगले वर्ष जनवरी और अप्रैल माह में आयोजित की जायेगी वहीं सैनिक स्कूल में छठी कक्षा में नामांकन के लिये एक अगस्त से जबकि नौवीं कक्षा में नामांकन के लिये सितंबर के तीसरे सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में सहजन की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग तीन सौ चौवन लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं श्री कुमार ने कहा कि सहजन का क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों को पचास प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा उन्होंने किसानों से आमदनी बढ़ाने के लिए इस योजना का लाभ उठाने की अपील की पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया के थानाध्यक्ष नवनीत कुमार को शराब कारोबारियों से सांठगाठ रखने के मामले में निलंबित कर दिया गया है पूलिस अधीक्षक नवीन चन्द्र झा ने बताया कि थानाध्यक्ष ने एक शराब माफिया से बड़ी मात्रा में शराब जब्त की और उससे रुपये लेकर मामले को रफादफा कर दिया था शेखपुरा की जिलाधिकारी इनायत खान ने घाटकुसुमभा की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का वेतन भूगतान रोकने का आदेश दिया है जिलाधिकारी ने परियोजना से संबंधित तीन महिला सुपरवाइजरों का मानदेय भी अगले आदेश तक रोक दिया है सभी पर कार्य में शिथिलता का आरोप है बेगूसराय जिले के बलिया थाना अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर उत्पाद विभाग और पुलिस ने पैंतीस लाख रूपये मूल्य की शराब जब्त की है शराब की खेप को एक ट्रक में छुपाकर रखा गया था इस मामले में चालक को गिरफ्तार किया गया है इधर जिले में एसटीएफ ने पचास हजार रूपये के ईनामी अपराधी बमबम महतो को साहेबप्र कमाल थाना क्षेत्र से गिफ्तार किया है उसके पास से एक रायफल दौ पिस्तौल जब्त की गयी है

और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर बावन हुई

दरभंगा में एक विधायक और उनका वाहन चालक भी संक्रमित हुआ

और प्रदेश में अगले दो दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट